प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पिपराइच चीनी मिल का कल किया शुभारम्भ मिल में अब पचास हजार कुन्तल गन्ने की प्रतिदिन होगी पेराई न्यायमूर्ति एसएबोबडे आज सर्वोच्च न्यायालय के सैंतालिसवें मुख्य न्यायाधीश पद की लेंगे शपथ संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है तेरह दिसम्बर तक चलने वाले सत्र के दौरान बीस बैठकें होंगी इससे पहले कल नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आश्वासन दिया कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है उन्होंने कहा कि संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम चर्चा और बहस करना है बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने समी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि इस सत्र को पिछले सत्र जितना ही सफल बनाए उन्होंने बताया कि श्री मोदी ने कहा कि संसद में रचनात्मक चर्चा नौकरशाही को भी सजग रखती है माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा है कि इश्यू टू डिस्कस इन द पार्लियामेंट पार्लियामेंट का प्रमुख काम डिस्कसन का है और स्ट्रक्चर्ड डिबेट डेरोक्रेसी को एक सतर्कता का महसूस होना चाहिए ऐसा डिबेट होना चाहिए प्रह्लाद जोशी के अनुसार प्रधानमंत्री ने बताया कि इस महीने की छब्बीस तारीख को संविधान दिवस मनाया जाएगा श्री मोदी ने कहा कि देश का संविधान और लोकतांत्रिक प्रणाली अनूठी है और यह इसकी पहचान बनी रहनी चाहिए राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के सांसद गुलाम नवी आजाद ने कहा कि विपक्षी दलों ने सांसद फारूख अब्दुल्ला की हिरासत के मुद्दे को उठाया और मांग की कि उन्हें सत्र में भाग लेने की अनुमति दी जाए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि विपक्ष ने मांग की कि सत्र के दौरान आर्थिक मंदी बेरोजगारी और कृषि संकट के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने सत्र के दौरान देश में देरोजगारी पर चर्चा कराए जाने की मांग की बैठक में भाजपा अध्यक्ष अभित शाह तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन और समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव सहित कई अन्य सांसद भी उपरिथत थे राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी कल राज्यसभा में विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बैठक की श्री नायड् ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे शीतकालीन सत्र को पिछले सत्र के समान ही सफल बनाएं उन्होंने कहा कि राज्यसभा के आज से शुरू हो रहे ऐतिहासिक दो सौ पचासवे सत्र को मनाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे इस बीच प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि संसद के दोनों सदनों में भारत के विकास और नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए रचनात्मक चर्चा होगी सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के बाद श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि पार्टी सत्र का इस्तेमाल विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखने और लोगों के जीवन में बदलाव करने के लिए करेगी एन डी ए के घटक दलों की भी कल संसद भवन परिसर में बैठक हुई लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी राजनीतिक दलों से सदन के सुचारू संचालन के लिए सहयोग की अपील की थी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगा लखनऊ में कल बोर्ड की कार्यकारी बैठक में यह फैसला लिया गया बोर्ड का कहना है कि फैसले के बाद निर्धारित तीस दिन के भीतर याचिका दायर कर दी जाएगी बोर्ड के सचिव जफरयाब जिलानी ने दावा किया कि ज्यादातर मुसलमान फैसले पर पुनर्विचार चाहते हैं बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय के फैसले के कई बिन्दुओं पर आपत्ति की और कहा कि मस्जिद के लिए कोई अन्य स्थान या जगह स्वीकार नहीं होगी उधर केन्द्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा था कि इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर नहीं की जायेगी केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने बरेली जिले में आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज कराने वाले मरीजों का हालचाल जाना श्री गंगवार से अत्यसंख्यक बाहत्य क्षेत्र सराय मोहल्ला में योजना के लाभार्थियों ने इलाज के दौरान अपने अनुभव साझा किये केन्द्रीय मंत्री ने लोगों को आश्वासन दिया कि इलाज कराने के दौरान अथवा योजना का लाम मिलने में कोई समस्या आने पर उसका निराकरण शीघ्रता से कराया जायेगा फर्जी तरीके से आयभ्मान कार्ड बनाने की मिल रही सुचनाओं पर श्री गंगवार ने कहा कि ऐसे मामलों की जांच कराकर उचित कार्रवाई की जायेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखप्र में पिपराइच चीनी मिल का उद्घाटन कर पेराई सत्र का श्भारंभ किया यह चीनी मिल वर्ष दो हजार ग्यारह से बंद पड़ी थी इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हये श्री योगी ने कहा कि जिस चीनी मिल को पिछली सरकार ने बंद कर दिया था उसे उनकी सरकार ने नए सिरे से चलाया है मुख्यमंत्री ने कहा कि पिपराइच चीनी मिल के शुभारंभ से गोरखपुर क्षेत्र के लोगों का सपना पूरा हो गया है इस मिल को शुरू कराने के लिए पूर्व में उन्होंने स्वयं भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया था उन्होंने कहा कि मिल की पेराई क्षमता पहले की अपेक्षा कई ग्ना बढ़ाई गयी है अब इस मिल में आठ हजार कुंतल के बजाय पचास हजार कुंतल गन्ने की पेराई प्रतिदिन होगी मिल में बिजली उत्पादन संयंत्र भी लगाया गया है जो सत्ताईस मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों पर गन्ना किसानों का छह छह साल का भूगतान बकाया रहता था लेकिन उनकी सरकार ने गन्ना किसानों को छिहत्तर हजार करोड़ रूपये का बकाया भुगतान किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष दो हजार चौदह में सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था और इसे साकार भी किया आज केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के द्वारा किसानों की आय बढ़ी है फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाया गया है इस अवसर पर गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि नई चीनी मिल की पेराई क्षमता पचास हजार कृंतल प्रतिदिन है जिसे बढ़ाकर पचहत्तर हजार कुंतल प्रतिदिन तक किया जा सकता है उन्होंने कहा कि पिपराइच चीनी मिल से करीब आठ हजार पांच सौ लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा सूक्ष्म लघ् एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री सिद्वार्थ नाथ सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के छोटे उद्यमियों के लिये विश्व बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है और एक ज़िला एक उत्पाद इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है श्री सिंह ने नई दिल्ली में चल रहे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्तर प्रदेश दिवस पर राज्य की पवैलियन का अवलोकन करते हुये कहा कि राज्य सरकार दिल्ली में राज्य के हस्तशिल्पियों के उत्पादों की प्रदर्शनी लगायेगी जिससे उनके उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग हो सकेगी श्री सिंह ने कहा कि ग्रेटर नोएडा में लघ् उद्योग के लिये तीन सौ एकड़ जमीन देने पर सरकार विचार कर रही है इसमें लगभग पन्द्रह सौ करोड़ रूपये का निवेश होगा और साठ हजार लोगों को नौकरियां मिलेंगी न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े आज भारत के सैतालिसवें प्रधान न्यायाधीश का पदभार संभालेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द आज सुबह साढ़े नौ बजे राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद की शपथ दिलाएंगे न्यायमूर्ति बोबड़े न्यायमूर्ति रंजन गोगोई का स्थान लेंगे जो कल सेवानिवृत्त हो गए न्यायमूर्ति बोबड़े का कार्यकाल तेईस अप्रैल दो हजार इक्कीस को समाप्त होगा और ये लगभग अट्ठारह महीने का होगा उन्हें बारह अप्रैल दो हजार तेरह को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नत किया गया था वे ऐतिहासिक अयोध्या फैसला सुनाने वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ का हिस्सा थे डुमरियागंज से तीन बार लोकसभा के सांसद रहे रामपाल सिंह का कल निधन हो गया उनका अंतिम संस्कार रापी के किनारे ड्मरियागंज घाट पर किया गया इस दौरान सांसद जगदम्बिकापाल सहित क्षेत्र के हजारों लोग मौजूद रहे कुशीनगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग अट्ठाईस पर हेतिमपुर टोलप्लाजा के पास परसों देर रात एक टूरिस्ट बस के अनियंत्रित होकर पलट जाने के कारण पांच यात्रियों की मौत हो गयी जबकि तीस अन्य घायल हो गये पुलिस अवीक्षक विनोद कुमार मिश्र ने बताया कि बस बिहार से राजस्थान जा रही थी घायलों में ग्यारह यात्रियों की हालत गम्भीर है जिन्हें उपचार के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है उधर कौशाम्बी जिले के पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र डिहवा में कल सुबह एक मिट्टी से लदी डंफर ने सड़क पर पैदल चल रहे तीन युवको को कुचल दिया